भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान सहयोगी देशों के वैध हितों का ध्यान बहुपक्षवाद को समर्थन और साझा हितों को बढावा देना ही टिकाऊ विश्व व्यवस्था कायम करने का एकमात्र तरीका है रूस भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के त्रिपक्षीय वर्चुअल सम्मेलन में कल प्रारंभिक भाषण में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यह बात कही उन्होंने कहा कि इस विशेष सम्मेलन से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में समय की कसौटी पर खरे उतरे हमारे सिद्वांतों की फिर से पुष्टि होती है विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया के प्रमुख देशों को समूचे विश्व के लिए मिसाल पेश करनी चाहिए डॉ जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र पचास सदस्यों के साथ शुरू हुआ था और आज एक सौ तिरान्नबे देश इसके सदस्य हैं इसलिए इस तथ्य की अनदेखी करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के निर्णय लेने की प्रक्रिया को ज्यों का त्यों जारी नहीं रखा जा सकता श्री जयशंकर ने कहा कि रूस भारत और चीन विश्व की कार्यसूची के निर्धारण में सक्रिय रूप से भागीदार रहे हैं और भारत को आशा है कि बहुपक्षवाद की नई अवधारणा पर भी तीनों देशों की आम राय बनेगी श्री जयशंकर ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्व में नाजीबाद और फांसीवाद पर जीत में भारत सहित कई देशों ने महत्वपूर्ण बलिदान और योगदान दिया विदेश मंत्री ने कहा कि तत्कालीन राजनीति परिस्थितियों में भारत को उचित सम्मान नहीं दिया गया यह ऐतिहासिक अन्याय पिछले पचहत्तर वर्ष में भी ठीक नहीं किया गया जबकि दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव समाप्त करने पर आम सहमति बन गई है मॉल्दो में भारत और चीन के बीच कोर कमाडर स्तर की वार्ता में दोनों पक्ष टकराव के समी क्षेत्रों से हटने पर सहमत हुए सेना के सूत्रों ने बताया कि दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता कल मॉल्दो में सौहार्दपूर्ण सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि बैठक में पूर्वी लद्दाख में टकराव के सभी क्षेत्रों से हटने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव कम करने के उद्देश्य से चुशुल के निकट वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की ओर मोलदो में हुई यह बैठक लगभग बारह घंटे चली दोनों पक्षों के बीच हुई इस प्रकार की यह दूसरी बैठक थी इससे पहले दोनों कोर कमांडर की पहली बैठक छह जून को हुई थी जिसमें कई जगहों से दोनों देशों के सेनाओं के हटने पर सहमति बनी थी लेकिन पन्द्रह जून को गलवान घाटी में हुई घटना को भारत ने चीनी सेना की पूर्वनियोजित कार्रवाई करार दिया इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आश्वस्त किया कि भारतीय सेना देश की सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है उन्होंने कहा कि भारत अब इतना सक्षम है कि कोई भी देश इसकी एक इंच की जमीन पर भी आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता देश में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने की दर छप्पन दशमलव तीन सात प्रतिशत हो गई है अब तक दो लाख अड़तालीस हजार एक सौ नब्बे रोगी ठीक हो गये हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान दस हजार नौ सौ चौरान्नबे रोगी स्वस्थ हुए एक लाख अठहत्तर हजार चौदह मरीजों का इलाज चल रहा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि चौदह हजार नौ सौ तैंतीस लोगों में संक्रमण की पुष्टि के साथ कोरोना मरीजों की कुल संख्या चार लाख चालीस हजार दो सौ पन्द्रह हो गई है एक दिन में इस संक्रमण से तीन सौ बारह लोगों की मृत्यु होने के साथ मृतकों की संख्या चौदह हजार ग्यारह हो गई इसके साथ ही देश में मृत्यू दर तीन दशमलव एक आठ प्रतिशत हो गई है प्रदेश में अब तक बारह हजार एक सौ सोलह मरीज ठीक होने के बाद अस्पतालों से छ्ट्टी पा चुके हैं अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बाताया कि राज्य में अब तक क्ल पांच सौ अट्ठासी लोगों की कोरोना से मौत हुई है और छः हजार एक सौ नवासी कोरोना के सक्रिय मामले है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्रत्येक थाना चिकित्सालय राजस्व न्यायालय तहसील विकासखंड और जेल में कोविड हेल्य डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि कोविड हेल्य डेस्क पर कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी सावधानियों के पोस्टर लगाये जाये उन्होंने हेल्य डेस्क पर पल्स ऑक्सीमीटर इंफ्रारेड थर्मामीटर और सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री कल लखनऊ लोकभवन में एक उच्चस्तरीय बैठक में कोविड नाइन्टीन अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने टेस्टिंग की संख्या में लगातार वृद्वि करने और सर्विलांस व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश दिये उन्होंने मेडिकल स्क्रीनिंग के लिये एक लाख से ज्यादा टीम गठित करने के पहले ही निर्देश दे दिये हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को कोविड नाइन्टीन से बचाव के बारे में जागरूकता के लिये रेडियो और टेलीविजन पर प्रचार प्रसार किया जाये उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में कोविड संक्रमितों की पहचान के लिए एंटीजन परीक्षण शुरू करेगी इस परीक्षण का परिणाम अपेक्षाकृत जल्दी मिल जाता है राज्य में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में भी सुधार हुआ है पहले चरण में एनटीजेन्ट टेस्ट की शुरूआत पांच शहरों लखनऊ कान्पूर प्रयागराज वाराणसी और गोरखपुर से की जाएगी बाद में इसे पश्चिमी इलाके के राहरों में भी शुरू किया जाएगा

इस बीच प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को व्यापक स्वास्थ्य सर्वे करने को कहा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा कोविड पीड़ित मरीजों की पहचान हो सके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए एक लाख से ज्यादा स्वास्थ्य विभाग के टीमों को गठित करने के लिए कहा है सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा कोविड नाइन्टीन महामारी के उपचार में उपयोगी बताई जा रही नई दवा का नाम और उसे बनाने में इस्तेमाल किए गए पदार्थों आदि से संबंधित विवरण जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा है योग गुरू रामदेव के पतंजलि आयूर्वेद ने कल उत्तराखंड में हरिद्वार में कोविड नाइन्टीन के लिए कोरोनिल नाम की एक नई दवा जारी की दवा जारी करते हुए रामदेव ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद ने कोविड नाइन्टीन की यह दवा चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से विनियमित तरीके से अनुसंधान प्रमाण और परीक्षण के बाद जारी की है आयुष मंत्रालय ने कम्पनी से यह बताने को कहा है कि इस दवा पर अनुसंधान और परीक्षण कहां किया गया परीक्षण के लिए नमूने का आकार क्या था संस्थागत नैतिकता कमेटी ने दवा को कब स्वीकृति दी इसका सीटीआरआई पंजीकरण कब हुआ और अध्ययन के निष्कर्ष क्या रहे मंत्रालय ने कम्पनी को यह भी निर्देश दिया है कि विधिवत जांच हो जाने तक वह दवा के बारे में कोई भी दावा और प्रचार न करे केन्द्र सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना महामारी के कारण इस साल भारत से हज यात्री सउदी अरब की यात्रा पर नहीं जाएंगे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री डॉ मोहम्मद सालेह बिन ताहिर बेंतन ने उन्हें फोन पर इस साल हज यात्रियों को सउदी अरब नहीं भेजने का सुझाव दिया है श्री नकवी ने कहा कि हज के लिए कुल दो लाख तेरह हजार आवेदन प्राप्त हुए थे उन्होंने कहा कि आवेदकों को बिना किसी कटौती के पूरी रकम वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है हमारे संवाददाता ने बताया है कि धनराशि ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से आवेदकों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी जन संघ के संस्थापक और प्रसिद्ध शिक्षाविद् डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पृण्य तिथि पर कल उन्हें भावभीनी श्रद्वाजंलि अर्पित की गई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह सहित अन्य लोगों ने उन्हें श्रद्वासुमन अर्पित किये प्रधानमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देश का महान सप्रत बताया

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित कई मंत्रिगण उपस्थित रहे प्रदेश में एक दो दिनों में मानसून सक्रिय हो जायेगा